केंद्र ने प्रदेश के लिए एक सौ नई इलेक्ट्रिक बसों को दी सैद्वांतिक मंजूरी धनतेरस पर प्रदेश के बाजारों में रही खूब रौनक लोगों ने आभूषणों व बर्तनों की जमकर की खरीददारी

इस नीति का मुख्य उददेश्य आयुष चिकित्सा पद्धति को स्तरोन्नत कर रोगियों को आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार के लिए प्रेरित करना है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में हई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया

इसके अलावा वहन योग्य आवासीय नीति को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों के पुनर्वास और सभी नई आवासीय परियोजनाओं में मिश्रित आवासीय विकास को प्रोत्साहन देना है बैठक में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की स्थापना और मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना शुरू करने का निर्णय भी लिया गया मंत्रिमंडल ने बिलासपर् सोलन कुल्लू शिमला और नूरपुर में एकीकृत पुनर्वास केन्द्र खोलने का फैसला लिया जिनमें नशे के चंगुल में फंसे युवाओं का उपचार किया जाएगा

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और विभिन्न श्रेणियों के नए पद सुजित करने पर भी मुहर लगाई एकल खिड़की इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में राज्य एकल खिड़की स्वीकृति व अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता भी की

बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों के बौद्धिक व शारीरिक विकास पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया है ताकि उनका संपूर्ण विकास संभव हो सके वे आज छोटा शिमला स्थित केंद्रीय तिब्बतीयन स्कूल के वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों से वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौर में कड़ी मेहनत करने का आहवान भी किया इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया

स्थानीय लोग व नगर परिषद इस कार्य में अपना अहम योगदान दे रहे हैं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ललित कुमार ने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को पूरी तरह समाप्त करने में अपनी भागीदारी निभाने का आहवान किया है वहीं लोगों ने भी सरकार की इस मुहिम को एक सराहनीय प्रयास बताया है

समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने आज आकाशवाणी की पत्रिका आकाशवाणी समाचार भारती के आठवें संस्करण का विमोचन किया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

इस दौरान महात्मा गांधी पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया गोविंद ठाक्र केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए करीब एक सौ नई इलेक्ट्रिकल बसों को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज दूटीकंडी बाईपास से शिमला शहर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए चार इलेक्ट्रिकल बसों को हरी झंडी दिखा कर रवाना करने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें चलाने में हिमाचल को देश के अग्रणी राज्यों में आंका गया है और आने वाले समय में न केवल परिवहन विभाग बल्कि सामान्य नागरिकों को भी इलेक्ट्रिकल गाड़ी उपयोग करने के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा

इसे धनवंतरि त्रयोदशी या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है दीपावली से दो दिन पहले धनतेरस में सोना चांदी या अन्य धातु खरीदने की परंपरा है हिन्दू मान्यताओं के अनुसार आज का दिन भगवान धनवंतरि के जन्मदिवस के रूप में भी मनाया जाता है प्रदेश भर के बाजारों में इस अवसर पर खूब रौनक देखी गई और लोगों ने आभूषणों व बर्तनों की जमकर खरीददारी की सोलन में बड़ी संख्या में लोगों ने आभूषण व बर्तन खरीदे और अपने परिवार की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की धनतेरस की जानकारी देते हुए पंडित रवि दत्त शर्मा ने बताया कि इस दिन का विशेष प्रावधान है और इस अवसर पर सोना चांदी सहित बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है

सिरमौर जिले के नाहन स्थित जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्वति वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है उन्होंने शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए योग और आयुर्वेद अपनाने पर बल दिया इस दौरान रोगियों को फल व निशुल्क आयुर्वेदिक दवाईयां भी वितरित की गई

स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकर भी इस दौरान मौजूद रहे वहीं सोलन के जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय रबौन में भी निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त भानु गुप्ता ने की ऊना के आयुर्वेद अस्पताल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त संदीप कुमार ने की इस दौरान उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों से पूरी ईमानदारी से मरीजों का उपचार करने का आह्वान किया

जिला उपायुक्त गोपाल चंद ने आज रिकांगपिओ में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य जिले की संस्कृति को दर्शाने के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी उपायुक्त ने कहा कि महोत्सव में पहली बार महिलाओं द्वारा सामूहिक किन्नौर नाटी का आयोजन भी किया जाएगा